प्रदेश में महासमुंद कांकेर कोरबा और कोरिया जिले में खोले जाएंगे चार नये वायरोलॉजी लैब

इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संविधान की कई विशेषताए हैं लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे गौरतलब है कि संविधान दिवस देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू किया गया इधर छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया उधर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अर्द्द सैनिक बलों ने भी संविधान दिवस मनाया इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक एएस मलिक ने भिलाई में भारत की सार्वभौमिकता बनाए रखने की शपथ दिलाई राज्य में विभिन्न जिलों के कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित सभी शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी संविधान की उद्देशिका का वाचन किया आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र में भी कार्यालय प्रमुख जीपी शर्मा के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया राजधानी रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एक वेबीनार का आयोजन किया गया इस बीच भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला इकाई ने भी संविधान दिवस मनाया इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन सुना भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि भारतीय संविधान में आस्था ही वह मजबूत कड़ी है जो इस देश को एक रखती है धान खरीदी प्रदेश में आगामी एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानों को कल सत्ताईस नवंबर से टोकन का वितरण किया जाएगा चालू विपणन वर्ष में करीब ढाई लाख नये किसानों ने अपना पंजीयन कराया है इस तरह कुल इक्कीस लाख अड़तालीस हजार किसानों का पंजीयन किया गया है इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब दस प्रतिशत अधिक है इस बीच महासमुंद जिले में खमारपाली आरटीओ बैरियर में बीती रात अवैध धान से भरे दो ट्रकों को जब्त किया गया दोनों द्रकों से एक हजार बोरी से अधिक धान बरामद किया गया यह धान पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के ग्राम कुलटिकरी से परिवहन किया जा रहा था

कल प्रदेश में एक हजार आठ सौ सतहत्तर नये मरीजों की प्रष्टि की गई वर्तमान में बाईस हजार आठ सौ पन्द्रह मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का निरीक्षण किया जा रहा है वहीं जिला मुख्यालय में बिना मास्क घूमने वाले पैंतालीस लोगों पर जुर्माना लगाया गया इसी तरह मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में आज मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने वाले छह कर्मचारियों से जर्माना वसला गया कल भी नौ कर्मचारियों से जर्माना वसला गया था राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले सात माह से बंद प्रष्प वाटिका और चौपाटी आज से खोल दी गई है इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा उधर जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुहाराम अजगले ने कहा है कि मास्क लगाना ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाए हैं इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाए रखना जरूरी है इधर राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज एक कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कृदकर आत्महत्या कर ली यह मरीज जांजगीर का रहने वाला था इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले पदमश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

यह लैब राज्य के महासमुद कांकेर और कोरबा विकित्सा महाविद्यालयों से संबंध जिला अस्पतालों और कोरिया जिला अस्पताल में खोले जाएंगे जहां आरटीपीसीआर टेस्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी इनमें से प्रत्येक लैब ढाई करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा इस बीच रायगढ़ जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या निर्घारित कर दी है इसके अनुसार वर वध् दोनों पक्षों को मिलाकर दो सौ अधिक लोग विवाह समारोह में सम्मलित नहीं हो पाएंगे छत्तीसगढ बोर्ड पुरक परीक्षाएं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी व्यवसायिक पूरक परीक्षा और डीएलएड प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा आगामी अट्ठाईस नवंबर को शुरू होगी इस परीक्षा में लगभग सत्यासी हजार छात्र छात्राएं सम्मलित होंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर व्हीके गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है परीक्षा में सम्मलित छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूलों में भेजे जा चुके हैं इसके अलावा विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन से भी डाउनलोड कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा इसे आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप माइ जीओवी फोरम या टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भेज सकते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी श्रोता आकाशवाणी रायपूर के द्रभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर कल अपने सवाल दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तेरहवीं कड़ी का प्रसारण तेरह दिसंबर को होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से सुना जा सकेगा ट्रेड युनियन हडताल केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज श्रमिक संगठनों द्वारा एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में मिलाजूला असर देखा जा रहा है राजधानी रायपूर में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के नेतृत्व में सप्रेशाला मैदान में प्रदर्शन के बाद सभा आयोजित की गई संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्रा ने बताया कि श्रमिक संगठनों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों के आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है वहीं छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े कई किसान संगठनों ने ट्रेड यूनियन के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि किसान संगठनों ने राजनांदगांव अंबिकापुर कोरबा और कांकेर के अलावा प्रदेश के अन्य जगहों में भी मजदरों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी प्लांट में श्रमिक संगठन की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने की खबर है इसी तरह बालोद जिले में स्थित राजहरा माइंस में भी हड़ताल का असर पड़ा और उत्पादन प्रभावित हआ है बैंक और बोमा क्षेत्र के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक संगठनों की इस हड़ताल का कोई खास असर नहीं दिखा माओवादी मुठभेड बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया मिली जानकारी के मुताबिक थाना कुटरू से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की टीम भिनगाचल नदी के किनारे दरभा और तेलीपेंट की ओर तलाशी अभियान के लिए निकली थीं इस दौरान दरभा के जंगल में पहले से घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक माओवादी मारा गया मारे गए माओवादी की शिनाख्त जनमिलिशिया सदस्य संतोष पोड़ियम के रूप में की गई है इस पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था घटनास्थल से एक एसबीएमएल राइफल पिट्ठू नक्सल सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें बरामद की गई हैं उधर दंतेवाडा जिले में सीआरपीएफ की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान अरनपुर थाना क्षेत्र के कोडासावली बुद्धिपारा के पास कच्ची सड़क में सात किलो आईईडी बरामद किया जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया

बाजार में आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीददारी करने आए इस दौरान पुलिस की महिला कमांडो ने महिलाओं को सैनिटरी पैड और बच्चों को कपडे किताबें और पेन पेंसिल सहित उनकी जरूरतों की चीजों वितरित की वहीं दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के कमांडों ने बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई और उन्हें अपने हाथों से लिखना सिखाया प्रलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल प्रभावित इस जिले में इस तरह के कैम्प खोले जाने से क्षेत्र का विकास हो रहा है बिजली पानी और सड़क की सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिससे ग्रामीण ख्रश हैं और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं मौसम चक्रवाती तूफान निवार का छत्तीसगढ़ में मामूली असर देखा जा रहा है प्रदेश में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ने की खबर हैं मौसम विभाग से भिली जानकारी के मुताबिक इस चक्रवात के कारण दक्षिण से गर्म और नमीयुक्त हवा आ रही है जबकि उत्तर से पश्चिमी हवा आ रही है जिसके कारण बादल छाए हुए है निवार चक्रवात कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना हैं संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ में भी अब खेतों में पराली जलाए जाने पर किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा दो एकड़ से कम खेत पर पच्चीस सौ दो से पांच एकड़ पर पांच हजार तथा पांच एकड़ से अधिक पर पन्द्रह हजार रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली प्रलिस में महिला और पुरूष पदों पर सिपाही भर्ती के लिए कल से सात दिसंबर तक रायपुर में परीक्षा आयोजित की जाएगी वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के लिए अट्ठाईस नवंबर को रायपुर में परीक्षा होगी सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस चौकी के अंतर्गत विद्युत विमाग के जूनियर इंजीनियर की मौत के मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी सहित नौ पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में युवक की पिटाई करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है आरक्षक के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज से अट्ठाईस नवंबर तक प्राना पूलिस मुख्यालय परिसर रायपूर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई स्थित केमिकल फैक्ट्री उत्कल हाइड्रोकार्बन में आज दोपहर भीषण आग लग गई दमकल वाहनों के द्वारा इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है परिसर को खाली करवा लिया गया है इस हादसे में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है राज्य के शासकीय और निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है आवेदन करने की अंतिम तिथि तीन दिसंबर है महासमुंद में बाईस एनसीसी कैंडेट्स ने अपने सहायक प्राध्यपकों के साथ आज रक्तदान किया